लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार द्वारा नये दिशा निर्देश जारी राज्य में कल से शुरू हो जायेगा सार्वजनिक परिवहन

प्रदेश में कल से उपज रहन ऋण योजना होगी शुरू राज्य में आंधी बारिश और ओलावृष्टि के बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाडियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गो को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजद्रों और कामगारों पर पड़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा अनेक कदम उठाये हैं उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा

उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी शुभकामनाएं दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है श्री मोदी ने कहा देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए

श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और पौध रोपण का संकल्प लें और प्रकृति के साथ अपने संबंध मजबूत करें

राज्य सरकार की दिशा निर्देशों में भी केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों का अनुसरण किया गया है गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आज बताया कि प्रदेश में कन्टेन्मेन्ट जोन को छोडकर सभी मार्गो पर रोडवेज और निजी बसे संचालित हो सकेंगी

सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं हालांकि वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिये कहा गया है सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थल आगामी आदेशो तक बंद रहेंगे साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे

राज्य में कल से कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं प्रदेश के जंतुआलय बायोलॉजिकल पार्क अभ्यारण्य बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान कल से पर्यटकों के लिये फिर से खोले जायेंगे इस बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कल से सभी चिकित्सकीय सेवायें पहले की तरह सुचारू हो जायेंगी चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया है और कोविड रोगियों का उपचार आरयूएचएस में किया जायेगा चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ वहॉ जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा उन्होने बताया कि चरक भवन में चलने वाले कोरोना ओपीडी को भी फार्मेसी कॉलेज में स्थानान्तरित किया जायेगा सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोविड संकमित रोगियों का जबकि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में सामान्य रोगियों का इलाज किया जायेगा

उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि कोविड के लक्षण पाए गए तो उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी इस बीच प्रवासियों को उनके गन्तव्य पहुंचाने के लिये ट्रेनों और बसों का आवगमन जारी है आज विशेष श्रमिक रेलगाड़ी मुम्बई से बीकानेर के लालगढ रेलवे स्टेशन पहंची

आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से तम्बाकू सेवन की आदत छोड़ने की अपील की है

मौसम विभाग ने आज और कल ज्यादातर जिलों में आंधी तेज हवायें चलने तथा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है